राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

इसके अलावा दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जबकि धर्मशाला क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में होगी नियंत्रण कक्ष धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय शिमला में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार नियंत्रण कक्ष के प्रभारी होंगे उन्होंने कहा कि इस कक्ष के माध्यम से उप चुनाव से संबंधित जरूरी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है इसका लाभ हम तभी ले सकते हैं जब हमारे नागरिक मानिसक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हों पीजीआई चंडीगढ़ में पहली थ्रैनोस्टिक्स राष्ट्रीय कांन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कल उन्होंने कहा कि इसके तहत हाल ही शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान महत्वपूर्ण है राज्यपाल ने उम्मीद जताई की ये सेमिनार लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सफल साबित होगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है हालांकि कल जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्का हिम्मपात हुआ जिससे क्षेत्र में शीत लहर बढ़ गई है वहीं प्रदेश के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी है मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों में मौसम आमतौर पर श्रष्क बना रहेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा उपचुनाव व हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है उपचुनाव का शोर थमा कल डाले जाएंगे वोट दिव्य हिमाचल के शब्द हैं थम गया चुनावी शोर दैनिक जागरण की सुर्खी है थमा प्रचार नेता पहुंचेंगे अब घर द्वार अजीत समाचार लिखता है चुनाव प्रचार थमा मतदान कल आपका फैसला के मुताबिक धर्मशाला व पच्छाद में चुनाव प्रचार का शोर थमा

पंजाब केसरी का शीर्षक है शिक्षकों के रिक्त पद इस वर्ष भरें हिमाचल सरकार हिमाचल दस्तक के अनुसार हाईकार्ट का आदेश इसी सत्र में भरे जाएं शिक्षकों के खाली पद दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नती नियमों में संशोधन न होने से हाईकोर्ट खफा

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है शिमला के बाद राजनीति का दूसरा केन्द्र बिंदू है धर्मशाला धर्मशाला व पच्छाद उपचुनावों में भाजपा भारी मतों से जीतेगी एक्साईज फीस फर्जीवाड़ा मामले पर विजिलेंस ने की पहली गिरफ्तारी नवीन पर जाली एफडीआर बनाने का आरोप तीन दिन के रिमांड पर इसी अख़वार की एक अन्य ख़बर है

नमस्कार